उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने कहा कि भारत की भाषा विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वह किसान आंदोलन को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे है

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र केरल आंधप्रदेश गोवा तथा चंडीगढ़ में कोरोना पोजिटिव केस की साप्ताहिक दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है इन कोविड मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए केन्द्र ने राज्यों को आरटी पीसीआर परीक्षिणों के अनुपात को बढ़ाने के लिए लिखा है राज्यों को जैन्अइन स्कवीऐनसिस के जरिये कोविड के बढ़ रहे स्ट्रेन पर निरंतर निगरानी रखने की सलाह दी गई है आज अंतर्राष्ट्रगीय मातृभाषा दिवस है

इस साल शिक्षा मंत्रालय सांस्कृति मंत्रालय व आईजीएनसीए मिलकर चार दिवसीय वचुर्अ्रल कार्यक्रम के जरिये इस दिवस को मना रहे है उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने कहा है कि भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर आयोजित शिक्षा और सम्मान में बह भाषाई समावेश वेबिनार पर बोलते हये श्री नायडू ने मातृ भाषा के प्रयोग पर बल दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कनवेंशन केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का श्भारंभ किया इस बैठम पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बीजेपी राज्य प्रभारी व राज्य अध्यक्ष तथा अन्य भी शामिल थे बैठक के बारे में जानकारी देते हये पार्टी सचिव अरूण सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री तथा बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बैठक के प्रारभिक सत्र को सम्बोधित किया श्री सिंह ने कहा कि बैठक में आत्म निर्भर भारत अभियान कृषि कानून तथा राज्यों में आने वाले विधानसभाओं च्नावों के बारे में चर्चा की जा रही है उन्होंने कहा कि भविष्य में श्रू किये जाने वाले भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के बारे में पार्टी इस बैठक में घोषणा करेगी

बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाटी के राष्ट्रीय उप अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने तथा किसानों की आमदनी मे बढ़ावा करने के लिए इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री की सराहना की गई है डॉ सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल असम तमिलनाड़ केरल पांड्चरी में होने वाले चुनावों के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई और सभी ने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल व असम में बीजेपी की ही जीत होगी

उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के लिए लाभदायक है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो गलत है ठीक करने के तैयार है लेकिन एक राजनीतिक तौर पर क्छ लोग जिन्होंने इन कानूनों को पढ़ा भी नहीं वो लोग विरोध में शामिल होते है हरियाणा के कृषि एवं पश्पालन मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी जिला के लोहारू हलके में निर्माणाधीन कई परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया और कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि से पहले पूरा किया जाए ताकि लोगों को समय पर उनका लाभ मिल सके

श्री सैनी ने कहा कि सरकार दवारा अन्य वर्गो के साथ साथ किसानोंश्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है हरियाणा के म्ख्यमंत्री उड़न दस्ते ने भिवानी में अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री पकड़ी है

फरीदाबाद प्लिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया प्लिस प्रवक्ता आदर्शदीप सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश में मथूरा के जाकिर के तौर पर हई है जो आदर्श नगर में रह रहा था

एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

उनके इस चयन पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल ग्र्जर सहित क्रिकेट जगत से जुड़े हए खिलाडियों ने उन्हें बधाई दी है